प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बताया न तो हमारे क्षेत्र के भीतर कोई फंसा है और न ही हमारे किसी चौकी पर हुआ है कब्जा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान का आज से शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल वाराणसी में विभिन्न विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की अधक्षता की

प्रदेश सरकार ने गन्ना किसानों का तीन वर्षों में एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का भुगतान करके बनाया रिकॉर्ड

श्री मोदी ने भारत चीन सीमा क्षेत्रों में स्थिति पर विचार विमर्श के लिए वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए कल सर्वलीय बैठक की बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलो के अध्यक्षों ने भाग लिया प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे देश के बहाद्र सैनिकों ने लददाख में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान किया और उन लोगों को सबक सिखाया जिन्होंने हमारी मातृभूमि की तरफ देखने का दुस्साहस किया

उन्होंने कहा कि सेना को आवश्यक कदम उठाने की पूरी आजादी दी गयी है डिप्लोमेटिक माध्यमों से भी चीन को अपनी बात दो टूक स्पष्ट कर दी है

श्री मोदी ने कहा कि आज हम सभी हमारी सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिकों के साथ एक जुट हैं और उनके साहस और बहाद्री पर भरोसा करते हैं मैं राहीदो के परिवारो को भीयह विश्वास दिलासा हूँ कि पूरा देश उनके साथ है

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि एल ए सी यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन द्वारा उठाए गये कदमों से देश आहत और क्रूद्व है उन्होंने नेताओं को आश्वासन दिया कि हमारे ससस्त्र बल देश की रक्षा में कोई कसन नहीं छोड़ रहे हैं हमारी सेना देश की रक्षा के लिए कोई कत्तर नहीं छोड़ रही है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारत शांति और मित्रतता चाहता है लेकिन सम्प्रभुता को कायम रखना सबसे महत्वपूर्ण है उन्होंने कहा कि सरकार ने अपनी सीमाओं को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए सीमा क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास को प्रमुखता दी है राष्ट्र और उसके नागरिकों के कल्याण के प्रति सरकार की वचनबद्दता पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि चाहे व्यापार जुड़ा हो या आतंकवाद से निपटने की बात हो सरकार हमेशा बाहरी दबाव के खिलाफ रही है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन उपलब्ध कराने की व्यापक योजना गरीब कल्याण रोजगार अभियान की आज शुरूआत करेंगे श्री मोदी वीडियो कांफ्रेंस के जरिए बिहार के खगड़िया जिले के तेलीहार गांव से इस अभियान का शुभारंभ करेंगे इस योजना का उद्देश्य अपने राज्यों को लौटे मजदूरों और ग्रामीण लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है एक सौ पच्चीस दिनों के इस अभियान को मिशन मोड पर लागू किया जाएगा यह अभियान उत्तर प्रदेश बिहार मध्य प्रदेश राजस्थान झारखंड और ओडीसा के उन एक सौ सोलह जिलों में लागू किया जाएगा जहां लौटने वाले श्रमिकों की संख्या पच्चीस हजार से ज्यादा रही है केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बताया कि इस अभियान के माध्यम से पचास हजार करोड़ रुपये के सार्वजनिक कार्य किये जाएंगे योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे का विकास किया जाएगा अभियान के वर्चअल उद्घाटन के अवसर पर पांच राज्यों के मुख्यमंत्री तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों के मंत्री भी शामिल होंगे इस अभियान को जन सेवा केंद्रों और कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से संचालित किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल वीडियो कांफ्रॅस के माध्यम से वाराणसी में विभिन्न विकास परियोजनाओं की समीक्षा की इस दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में चलाये जा रहे कार्य की प्रगति के बारे में प्रस्तुति भी दी गई प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि काशी विश्वनाथ परिसर के विकास के दौरान मिले सभी प्राचीन मंदिरों का संरक्षण किया जाना चाहिए श्री मोदी ने अधिकारियों को मॉडल रोड की पहचान करने का निर्देश दिया इस सड़क को स्थानीय नागरिकों की भागीदारी से गौरव पथ के रूप में विकसित किया जाएगा और इस पर काशी की धरोहर देखने को मिलेगी प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्मर भारत अभियान के अन्तर्गत की गई घोषणा की प्रगति की भी समीक्षा की उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस योजना के लाभ नागरिकों तक तेजी से पहुंचाये जाने चाहिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड नाइन्टीन संक्रमण के आपदाकाल में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये हर संभव प्रयास पर बल दिया है उन्होंने कहा कि संसाधनों के सर्वाधिक उपयोग को देखते हुए एक सौ आठ एक सौ दो और एएलएस तथा निजी नर्सिंग होम की एम्ब्लेंस सहित सभी एम्ब्लेंस की सेवाएं ली जाये उन्होंने इस माह के अंत तक सभी मेडिकल कॉलेज और मंडलीय चिकित्सालयों में लेवल टू स्तर की टेस्टिंग लैब स्थापित करने के निर्देश दिये मुख्यमंत्री कल लखनऊ में एक बैठक के दौरान अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कंटेनमेंट जोन में डोर स्टेप डिलवरी व्यवस्था को सुचारू ढंग से संचालित करने के निर्देश दिये उन्होंने प्रत्येक जनपद में एक टेस्टिंग लैब की स्थापना का कार्य तेजी से पूरा करने के निर्देश दिये मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वरोजगार के इच्छुक लोगों को बैंकों से ऋण दिलाने में पूरी मदद की जाये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों से कहा है कि कल यानी रविवार को छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पररस्पर सुरक्षित द्री के मानदंडों का पालन करते हुए घर पर अपने परिवार के साथ ही मनाएं एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि योग दिवस एक सार्वजनिक आयोजन होता है लेकिन यह असाधारण समय है और इसलिए हमें इसे घर पर रहकर ही मनाना होगा श्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष के योग दिवस का विषय है घर पर योग और परिवार के साथ योग उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है लेकिन योग में इस बीमारी से उत्पन्न चुनौतियों के बहुआयामी समाधान हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि योग से प्रतिरोधक शक्ति बेहतर होती है तथा मानसिक और शारीरिक क्षमता भी बढ़ती है उन्होंने कहा कि योग में मानसिक शारीरिक और मनोवैज्ञानिक चुनौतियों से निपटने की क्षमता है प्रदेश में कल योग दिवस मनाने की तैयारियां पूरी की जा रही है लोग अपने अपने घरों और निजी स्थानों पर कोविड नाइन्टीन के नियमों का पालन करते हुए योग करेंगे कहीं भी योग पर सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं आयोजित किये जायेंगे प्रदेश सरकार ने गन्ना किसानों का तीन वर्षो में एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का भुगतान करके एक रिकॉर्ड बनाया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गन्ना किसानों के खातों में कल चार सौ अटठारह करोड़ रुपये का भगतान किया इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब लॉकडाउन की शुरुआत हई और अपने देश के साथ ही पूरी दनिया में बंदी हो रही थी तब हर किसी ने ये सोचा कि चीनी मिलों और गन्ना किसानों का क्या होगा लेकिन प्रदेश सरकार ने न केवल कोरोना के संक्रमण को रोका बल्कि लगातार चीनी मिलों को भी चलाया उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने फैंसला किया कि कोई चीनी मिल लॉकडाउन के दौरान बंद नहीं होगी पूरे लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में लगभग एक सौ उन्नीस चीनी मिलें लगातार चलती रहीं प्रदेश में हर चीनी मिल से दस से लेकर दस हजार तक लोगों को रोजगार मिलता है और उससे पच्चीस से लेकर चालीस हजार किसान जुड़े होते हैं आज पूरे देश में उत्तर प्रदेश गन्ना और चीनी उत्पादन में पहले स्थान पर है प्रदेश में हर रोज पांच लाख लीटर सैनिटाइजर का उत्पादन हो रहा है जिसे अट्ठाईस राज्यों को सप्लाई करने के साथ ही विदेश में भी भेजा जा रहा है